कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के भिण्ड मुरैना और ग्वालियर में तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगें इन चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भाग लेंगे इधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज उज्जैन के खाचरौद में एक जनसभा के बाद भोपाल संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरैना और शिवपुरी तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बीना अशोक नगर और ग्वालियर में प्रचार कर रही हैं वही कांग्रेस नेता दीपा दासमंशी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करेंगी सेवानिवृत्त मेजर जनरल टी के कौल और श्याम श्रीवास्तव ने भी आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव प्रचार में सेना के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु संतों ने आज राजधानी भोपाल में रोड शो किया स्मृति इरानी वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने आज सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना में एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति झूठ पर टिकी है प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया और गर्भवती महिलाओं को केन्द्र की ओर से दी जाने वाली राशि को भी खर्च कर लिया गया श्रीमती इरानी के संबोधन के दौरान ही बिजली गुल हो गई इस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यही कांग्रेस की असलियत है

यहां होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है

इसी कम में कल गुना में तभी बढेगी गुना की शान जब होगा शत प्रतिशत मतदान की थीम पर बाइक रैली का आयोजन किया जायेगा जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है आगरमालवा जिले की नलखेड़ा में चुनावी पाठशाला और केंडिल मार्च द्वारा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया ब्रहानपुर विदिशा खंडवा शाजापुर मुरैना इन्दौर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये राफेल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे पर अपनी टिप्पणी के लिए उच्चतम न्यायालय का गलत ढंग से हवाला देने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है गौरतलब है कि श्री गांधी ने राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ यह टिप्पणी की थी तीन पृष्ठों के नये हलफनामे में कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का सर्वाधिक सम्मान और आदर करते हैं उन्होंने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर कार्रवाई बंद करने का आग्रह भी किया भाजपा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने आज भोपाल संसदीय सीट के लिए अपना विजन डाक्यूमेण्ट संकल्प पत्र के नाम से जारी किया इसका विमोचन प्रदेश मुख्यालय में भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर ने किया इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर विनय सहस्त्रबुद्वे मौजूदा सांसद आलोक संजर सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे संकल्प पत्र में किसान कल्याण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा डिजिटल कनेक्टिविटी का जिक है इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्ट अप के जरिए रोजगार बढ़ाने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताने के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर देने की बात कही गई है

इस कम में भोपाल में भारतीय रेडकास सोसायटी की राज्य इकाई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया